कैबिनेट कांग्रेस बैठक सोलहवीं लोकसभा को भंग किए जाने की सिफारिश करने के लिए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई चुनाव नतीजों के अनुसार एनडीए सरकार की वापसी तय है मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान लोकसभा को भंग करने की घोषणा करेंगे सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो रहा है इसलिए उसके पहले सत्रहवीं लोकसभा का गठन जरूरी है नये सदन के गठन की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को सौंपे जाने के बाद शुरू होगी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें कैबिनेट स्तर के साथ साथ राज्य मंत्री भी शामिल होंगे दूसरी ओर कांग्रेस ने कल नई दिल्ली में पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई है सूत्रों के अनुसार बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बैठक में भाग लेने की संभावना है लोकसभा चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने तीन सौ तीन सीटें जीतकर दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में दौ सो बयासी सीटें जीतने का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है वहीं कांग्रेस पिछले चूनाव के अपने प्रदर्शन को अधिक बेहतर नहीं कर पाई पिछली बार की चवालीस सीट के मुकाबले इस बार उसे बावन सीटें मिलीं कांग्रेस को लोकसभा में विरोधी दल के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटें भी नहीं मिल पाई हैं यूपीए ने नब्बे सीटे जीती हैं डीएमके तेईस सीटे जीतकर तीसरे स्थान पर है तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस को बाईस बाईस सीटें मिली हैं शिवसेना ने अट्ठारह सीटों पर कब्जा किया और जनता दल यूनाइटेड को सोलह सीटों से संतोष करना पड़ा इस बार के चुनाव में वाम दलों की स्थिति खराब रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को तीन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को केवल दो सीट मिल पाई भारतीय जनता पार्टी और राजग के सहयोगी दलों को पिछली बार की तीन सौ छत्तीस सीटों के मुकाबले साढ़े तीन सौ सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है प्रधानमंत्री आभार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर कहा कि एक बार फिर भारत की जीत हुई है कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा और समृद्ध बनेगा

ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है देश के सामान्य नागरिक की भावना भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए में लोगों के विश्वास से उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में और अधिक ताकत मिलती है प्रधानमंत्री आडवाणी जोशी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद आज नई दिल्ली में वरिष्ठ नेता लालक़ेष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनके निवास पर मुलाकात की श्री मोदी ने टवीट में कहा कि पार्टी की सफलता के पीछे लाल कृष्ण आडवाणी जैसे महान नेताओं के दशकों का कठिन परिश्रम है प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की उत्कृष्ट विद्वता और बौद्धिकता ने भारत में शिक्षा स्तर के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बाद में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी आम चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की प्रशंसा की

वहीं कांग्रेस केवल दो सीट बस्तर और कोरबा हासिल कर पाई हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को केवल दुर्ग संसदीय सीट मिली थी लेकिन इस बार इस सीट से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा दुर्ग में भाजपा के विजय बघेल ने कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को सबसे अधिक रिकॉर्ड तीन लाख इंक्यानवे हजार नौ सौ अटहत्तर वोटों के अंतर से पराजित किया है इसके बाद सर्वाधिक वोटों का अंतर रायपुर का रहा जहां भाजपा के सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को तीन लाख अड़तालीस हजार से अधिक मतों से पराजित किया वहीं सरगुजा में भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने कांग्रेस के खेलसाय सिंह को एक लाख संतावन हजार और बिलासपुर से भाजपा के अरूण साव ने कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव को एक लाख इकतालीस हजार से अधिक मतों से पराजित किया साथ ही राजनांदगांव सीट से भाजपा के संतोष पांडेय और कांग्रेस के भोलाराम साहू के बीच जीत का अंतर एक लाख ग्यारह हजार से अधिक रहा महासमुंद सीट पर भाजपा के चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस के धनेन्द्र साहू को नब्बे हजार से अधिक वोटों से हराया वहीं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की गोमती साय ने कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया को छियासठ हजार से अधिक वोटों के अंतर से पराजित किया जांजगीर चांपा से भाजपा के गुहाराम अजगले ने कांग्रेस प्रत्याशी रवि परसराम भारद्वाज को तिरासी हजार से अधिक मतों से हराया कांकेर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला यहां से भाजपा के मोहन मंडावी ने कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को सबसे कम अंतर छह हजार से अधिक मतों से हराया इस बार कांग्रेस के खाते में बस्तर सीट भी आई है जहां से पार्टी ने चित्रकोट विधायक दीपक बैज को टिकट दी थी श्री बैज ने अपने निकटतम प्रतिदंदी भाजपा प्रत्याशी बैदुराम कश्यप को लगभग उनतालीस हजार मतों से शिकस्त दी वहीं कोरबा में काफी उतार चढ़ाव के बाद कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को पराजित करते हए छब्बीस हजार से अधिक मतों से जीत हासिल की रमन सिंह भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में पत्रकारवार्ता में कहा कि देश आज एक नए यूग में प्रवेश कर रहा है उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव अभियान के महानायक नरेन्द्र मोदी और अमित शाह का अभिनंदन करते हुए कहा कि आज पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है सातवीं बार कार्यकर्ताओं की मेहनत से छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार को नकार दिया है उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक दृष्टि से पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय अराजकता का माहौल है दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है उन्होंने कल रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे इस जनादेश का सम्मान करते हैं उन्होंने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रवाद के नाम पर यह चुनाव जीता है बिलासपुर आग बिलासपुर जिला पंचायत कार्यालय में आज सुबह आग लगने से चार कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं जिन्हें इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है घटना की सूचना मिलते ही करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे में आग को नियंत्रित किया गया बताया जा रहा है कि कार्यालय खुलने के वक्त अचानक कार्यालय के पिछले हिस्से से आग की लपटें उठती दिखाई दीं देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया

घटना की सूचना मिलने पर विधायक महापौर और जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है बीएसपी आग इस बीच दुर्ग जिले के भिलाई इस्पात संयंत्र में भी आज सुबह भीषण आग लगने से लाखों रूपये का सामान जलकर राख हो गया संयंत्र के कोल कैमिकल प्लांट में लगी इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है घटना की खबर लगते ही दस से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बड़ी मशक्कत के बाद करीब तीन घंटे में आग पर काबू पाया जा सका दूर्ग भिलाई के अलावा रायपुर से भी फायर बिग्रेड की गाड़ी को आग पर नियंत्रण पाने के लिए बुलाया गया हालांकि अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है

आग जिस समय लगी उस वक्त वहां काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे लेकिन वे बाल बाल बच गए कोल कैमिकल प्लांट में डामर सहित अन्य प्रोडक्ट तैयार किये जाते हैं इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीएसपी में आज लगी आग को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव सहायता देने के निर्देश द्र्ग जिले के कलेक्टर को दिए हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में इस समय मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है बिलासपुर में जहां अधिकतम तापमान छियालीस डिग्री सेल्सियस पार कर गया है वहीं राजनांदगांव दुर्ग और रायपुर में लू जैसे हालात बन गए हैं राजनांदगांव में दिन का तापमान पैंतालीस डिग्री तो वहीं रायपुर और दुर्ग में चवालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है